आज अपने दसरे कार्यकाल में चौथी बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्ष्मी अभियान के जरिए बेटियों की उपलब्धियां सामने लाई जानी चाहिये उन्होंने लोगों से दीवाली पर गांवों कस्बों और शहरों में अपनी बेटियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने का भी अनुरोध किया श्री मोदी ने युवाओं को तम्बाकू के नशे से दूर रहने की भी सलाह दी उन्होंने कहा कि फिट इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सभी प्रकार के व्यसनों से बचना होगा उन्होंने बताया कि सरकार दो अक्टूबर को देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की यह अनूठी पहल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मिशन के समान होगी प्रधानमंत्री ने मन की बात के इस कार्यक्रम में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया उन्होंने कार्यक्रम में लता मंगेशकर के साथ अपनी बातचीत की एक रिकार्डिंग भी सुनवाई

दोनो व्यक्तित्वों की ये बातचीत कुशलक्षेम और परिजनों की कुशलता के संबंध में थी नवरात्र मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है इस दौरान राज्य में भी नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की प्रजा होगी पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के शैलपुत्री स्वरूप की पुजा की जाएगी इस दौरान विभिन्न स्थानों पर मां दर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी

उधर खंडवा जिले में सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है प्रदेश के होशंगाबाद नरसिंहपुर जबलपुर देवास धार छिंदवाड़ा उज्जैन गुना अशोकनगर सागर शिवपुरी भिण्ड मुरैना और ग्वालियर सहित अन्य जिलों से भी नवरात्र पर्व को लेकर समाचार मिले हैं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

इस बार अच्छी खबर के इसी कम में आप सुनेंगे आज सात बजकर दस मिनिट पर प्रसारित होने वाले हमारे शाम के बुलेटिन में एक ऐसे दानवीर की दास्तान जिन्होंने स्कूल खोलने के लिये अपनी लाखों की जमीन दान दे दी

सरकार ने सातवीं बार यह समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा इस आशय की अधिसुचना जारी की गई है आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान पत्र अनिवार्य किये गये हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य रहेगी

सरकार ने ग्ना बैतूल बालाघाट मंडला मंदसौर राजगढ़ श्योपूर महेश्वर छतरपूर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की है चिकित्सा शिक्षा मेंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने बताया है कि खरगोन जिले के महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच खरीया गांव में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की संख्या बढ़ने के साथ इससे क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी मिलने लगेंगी प्रद्यम्न खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य की दुकानों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा इसके आधार पर ही खाद्य विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन भी किया जाएगा तोमर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी

टीम ने जांच के लिए दस सेम्पल भी लिये हैं यहां से हाइड्रोजन पराक्साइड भी बरामद की गई है